राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में टेलीमैडिसन केन्द्र स्थापित करने पर बल दिया है

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है और टीकाकरण अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है

सुजान सिंह पठानिया कांगड़ा ज़िले में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुजान सिंह पठानिया का आज सुबह निधन हो गया

सुजान सिंह पठानिया सात बार विधायक चुने गए और दो बार कैबिनेट मंत्री और एक बार राज्य मंत्री बने

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुजान सिंह पठानिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने कहा है कि समाज कल्याण की दिशा में सुजान सिंह पठानिया द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि कांगड़ा ज़िले को विकास में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया उन्होंने कहा कि सुजान सिंह पठानिया एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ नेता थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वीरभद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पूर्व संसदीय सचिव रोहित ठाकुर व कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष अनुराग शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी सुजान सिंह पठानिया के निधन पर शोक जताया है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने कृषि मंडियों का आधुनिक बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए बजट बढ़ाया गया है कांगड़ा जिले के जस्वां परागपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि तीन नए कृषि सुधार कानूनों से देश के किसानों को लाभ होगा उन्होंने कहा कि ये कानून लागू होने के बाद न तो देश में कोई मंडी बंद हुई है और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रोक लगी है बिक्रम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों के संबंध में किसानों को गुमराह कर रही हैं गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू जिले के बहांग में जनसुनवाई की उन्होंने अधिकारियों को ब्यास नदी पर बहांग से गौशाल के लिए बनने वाले पुल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि मनाली लेह सड़क पर मनाली बाईपास में लेफ्ट से राइट बैंक की सड़क को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा सैजल राज्य सरकार ने हिमकेयर आयुष्मान भारत और सहारा जैसी स्वास्थ्य योजनाएं शुरू कर लोगों को राहत पहुंचाई है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन ज़िले के मसूलखाना में जनसुनवाई करने के बाद यह बात कही

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसका शुभारंभ किया इसमें प्रदेश के स्वयं सहायता समूह व कृषक उत्पादक संगठन भाग ले रहे हैं सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ऐसे मेलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार पारम्परिक उत्पादों की बिक्री के लिए एक बेहतर मंच मिलता है और स्थानीय उत्पादों का प्रचार प्रसार भी होता है

शहरी विकास मंत्री ने ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड की सराहना भी की परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आहवान किया है कांगड़ा जिले में पालमपुर क्षेत्र की भ्रांता पंचायत में आज तीनन दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास होता है और युवाओं को नशे से दूर रखने में भी खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

सुरेश कश्यप ने दावा किया है कि आगामी नगर निगम चुनावों में भी भाजपा जीत हासिल करेगी विक्रमादित्य सिंह इस बीच कांग्रेस महासचिव व विधायक विकमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला ज़िला परिषद में कांग्रेस की जीत से पार्टी को नई ऊर्जा मिली है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कुल्लू ज़िला परिषद में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बने हैं विकमादित्य सिंह ने कहा कि आगामी बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार को विभिन्न मुददों पर घेरने का प्रयास करेगी उन्होंने कहा कि पुरानी पैंशन बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी कांग्रेस विधायक ने राज्य सरकार पर अपने वायदे पूरे न करने का आरोप भी लगाया

शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने ये जानकारी दी है

उपायुक्त केसी चमन ने किसानों की मांग पर ये निर्णय लिया है कोरोना काल में रविवार के दिन लगने वाली इस किसान मंडी को बंद कर दिया गया था